इसके पहले इसी मुद्दे पर भाजपा के एक विधायक द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद मचे हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने अपने विधानसभा क्षेत्र भिंड में एक सड़क नहीं बने होने का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और संबंधित अधिकारी को निलंबित करते हुए ठेकेदार पर भी कार्रवाई की जाए लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह ने सवाल का जवाब दिया लेकिन प्रश्नकर्ता विधायक अधिकारियों पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए निलंबन की मांग पर अडे रहे विधायक की इस बात पर कांग्रेस के विधायकों ने एक टिप्पणी कर दी जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई लगातार हंगामे के दौरान ही अध्यक्ष डॉ शर्मा ने प्रश्नकाल समाप्ति की घोषणा करते हुए सदन की कार्यवाही को पांच मिनट के लिए स्थगित कर दिया सदन के समवेत होने पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायकों की टिप्पणी पर आपत्ति जताई नरोत्तम मिश्र जनसंपर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने दतिया के सेवढ़ा से झांसी तक तेरह करोड छप्पन लाख रुपए लागत की बायपास रोड का शिलान्यास किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सड़क के बन जाने से सेवढ़ा रोड का झांसी भाण्डेर जाने वाला ट्राफिक शहर में प्रवेश किए बिना सीधे बायपास मार्ग से गूजर जाएगा इस प्रकार शहर पर यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी जनसम्पर्क मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर समान रूप से ध्यान दे रही है जहां एक ओर संबल योजना में प्रदेश की आधी से अधिक श्रमिक आबादी का पंजीयन हआ है वहीं दूसरी ओर किसानों को भी भावांतर भूगतान योजना सूखा राहत मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना फसल बीमा जैसी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ मिल रहा है शिवपुरी जलसंकट शिवपुरी में जहां अधिकांश जलस्रोत और नलकूप सूख चुके हैं वहां आज फिर से सिंधु जल आवर्धन योजना का पानी आना रुक गया इस कारण जलसंकट और भी गहरा गया मुख्य नगरपालिका अधिकारी जीपी भार्गव के अनुसार कुछ पाइपलाइन में गड़बड़ी आने के कारण आज सिंधु जल आवर्धन योजना का पानी नहीं आ पाया

शिवपुरी में लगभग साढ़े तीन सौ नलकूपों में से केवल सौ नलकूप थोड़ा बहुत पानी दे रहे हैं बाकी सब सूख चुके हैं आधे शहर को माधव राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सागर चांद पाटा झील से पानी दिया जाता है उसका पानी भी कम होते होते केवल इतना बचा है कि उससे राष्ट्रीय उद्यान के वन्य प्राणी अपनी प्यास बुझा सके

इस दौरान लोगों की स्वतंत्रता के अधिकारों पर रोक लगा दी गई और लाखों लोगों को जेलों में भेज दिया गया मीडिया पर भी कई प्रतिबंध लगा दिये गये आपातकाल घोषित होने से कुछ दिन पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती गांधी के चुनाव को रद्द करार दे दिया था और उन्हें लोकसभा सीट से हटा दिया गया था समाजवादी नेता राज नारायण की याचिका पर न्यायालय ने यह फैसला दिया था वहीं भारतीय जनता पार्टी इस दिन को आपातकाल विरोधी दिवस के रूप में मना रही है

फिल्म पुरस्कार भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हिन्दी फिल्म तुम्हारी सुल्लू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है इसमें नायिका विद्याबालन ने ऐसी गृहणी की भूमिका अदा की है जिसे रेडियो जॉकी का काम मिल जाता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इरफान खान को फिल्म हिन्दी मीडियम में दिल्ली के अंग्रेजी मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराने की कोशिश कर रहे पिता के अभिनय के लिए दिया गया है श्रीदेवी को मॉम फिल्म में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया जिसे उनके पति बोनी कपूर ने प्राप्त किया साकेत चौधरी को फिल्म हिंदी मीडियम के लिए ्सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया इस वर्ष ऑस्कर के लिए नामित फिल्म न्यूटन को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार दिया गया